प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को मजबूत करने के प्रति संकल्पबद्ध है पैन आईआईटी अमरीका द्वारा आयोजित आईआईटी टवेंटी टवेंटी शिखर बैठक में श्री मोदी ने कहा कि हाल के दिनों में भारत में हैकथॉन संस्कृति जोर पकड़ रही है और इसमें राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं को बेहतर समाधान उपलब्ध कराने के लिये यूवा प्रतिभाएं काम कर रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा उदेश्य यह सुनिश्चित करना है कि युवाओं को अपनी कृशलता का प्रदर्शन करने और वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम कामकाज से सीखने के लिये एक विश्व मंच मिले उन्होंने कहा कि सरकार सुधार बेहतर कामकाज और बुनियादी बदलाव के मंत्र के साथ पूरी तरह संकल्पवान है श्री मोदी ने कहा कि आईआईटी प्रेरित कामकाज वह सामूहिक शक्ति है जिसके बल पर भारत आत्मनिर्भर बनने के हमारे सपने को तेजी से हकीकत में बदल सकता है केंद्र सरकार आज नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ पांचवें दौर की बातचीत करेगी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास व्यक्त किया कि किसान सकारात्मक रूख अपनाकर अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे उन मुद्दों को चिह्नित करें जो उन्हें विवादास्पद लगते हों उन्होंने संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था बनी रहेगी कृषि मंत्री ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है झारखंड भी देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जो माल और सेवा कर जीएसटी से उत्पन्न राजस्व की कमी को दूर करने के लिए विकल्प एक को अपनाने जा रहे हैं

झारखंड को जी एस टी की वसुली में आई कमी की भरपाई के लिए विशेष ऋण विंडो के माध्यम से एक हजार छह सौ नवासी करोड़ रूपये प्राप्त होंगे झारखंड को ऋण के माध्यम से अतिरिक्त एक हजार सात सौ पैंसठ करोड रूपये की उगाही के लिए अनुमति दे दी गई है केन्द्र सरकार ने जी एस टी के अंतर्गत राजस्व की कमी की भरपाई के लिए विशेष ऋण विंडो की व्यवस्था की है

राज्य सरकार ने योजना मद से राशि खर्च की सीमा को पचास प्रतिशत से बढ़ाकर पचहतर प्रतिशत कर दिया है वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है सरकार के इस निर्णय से जहां विकास कार्यो के लिए अब अधिक राशि की निकासी की जा सकेगी वहीं रोजगार सुजन के बढने की भी संभावना है इससे पहले केंद्रीय योजनाओं के राज्यांश में छूट की सीमा बढ़ाई गई थी गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण योजना मद से खर्च होनेवाली राशि की सीमा पचास प्रतिशत तय कर दी थी राज्य में अबतक कोरोना संक्रमण के एक लाख नौ हजार नौ सौ नब्बे मामले मिल चुके हैं इनमें से एक लाख सात हजार चौहतर लोग कोरोना को मात दे चुके हैं जबकि इलाज के क्रम में नौ सौ अठहतर लोगों की मौत हो चुकी है फिलहाल एक हजार नौ सौ अड़तीस सक्रिय मामले हैं

इसमें सबसे ज्यादा चौरान्बे सक्रिय मरीज रांची से मिले हैं जबकि इसी जिले से सबसे ज्यादा सत्तर लोग स्वस्थ हुए हैं पलाम जिले में कोरोना महामारी को लेकर लगभग तीन लाख लोगों का कराई गई जन स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट में तीन लाख तीन सौ पंद्रह लोगों में मध्मेह एक हजार आठ सौ पैंसठ लोगों में कोरोना दो सौ दस लोगों में कृष्ठ और छह सौ उनहतर लोगों में यक्ष्मा रोग के लक्षण मिले हैं इनमें से कई लोगों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में इलाज किया जा रहा है सिविल सर्जन ने कल सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के साथ बैठक में हेत्थ एंड वेलनेस सेंटरों में संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा भी की

मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज विशेष शिविर लगाए गए हैं इस शिविर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने सुधार करने और मतदान केंद्र स्थानांतरण से संबंधित आवेदन लिए जा रहे हैं मतदाताओं की सहलियत के लिए सभी मतदान केंद्रों में बीएलओ सभी प्रपत्र के साथ मौजूद हैं

मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान पंद्रह दिसंबर तक चलेगा वैसे युवक जिनकी उम्र अगले साल एक जनवरी को अठारह साल पूरी हो रही है वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं यह विशेष शिविर राज्य के सभी मतदान केंद्रो पर कल भी लगाए जाएंगे

झारखंड उच्च न्यायालय ने छात्रवृति घोटाले पर मीडिया में आई खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हए राज्य सरकार से अठारह दिसंबर तक पूरी रिपोर्ट देने को कहा है मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य के विभिन्न जिलों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृति में हुई गड़बड़ियों की वजह और इसके दोषियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी मांगी है गौरतलब है कि कल्याण विभाग में प्री मैट्रिक के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जानेवाली छात्रवृति में फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को छात्रवृति मद में दिए गए इकसठ करोड़ में तेईस करोड़ का घोटाला हुआ है इसके तहत डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के पैसे दूसरों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए उधर उच्च न्यायालय ने बाल तस्करी को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में राज्य सरकार से इस दिशा में की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने सुनवाई के दौरान कहा कि बच्चों की तस्करी संगीन मामला है और सरकार को इस मामले में बच्चों के रेस्क्यू के साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जामताड़ा जिले के ज्यादातर किसानों ने नए कृषि कानून को फायदेमंद बताया है उन्होंने कहा कि इससे बिचौलियों पर अंक्श लगेगा

इस परीक्षा के लिए राज्य के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इन केंद्रों पर लगभग तीन हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे समी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है

इस परीक्षा के आधार पर सफल विद्यार्थियों की मेधा सुची तैयार की जाएगी झारखंड कोटे से अधिकतम एक हजार नौ सौ उनसठ विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृति योजना के लिए होगा पुलिस पदाधिकारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी पुलिस मुख्यालय मे पदस्थापित पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार नवीन कमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में समी जिलों के पुलिस अधीक्षक आर्मड फोर्सेज के कमांडेंट जगुआर और एटीएस समेत अन्य विंगों से पुलिस पदाधिकारियों को मिलने वाली विशेष सुविधा और उसपर होनेवाले खर्च का ब्यौरा मांगा है इसके उपरांत पुलिस मुख्यालय के स्तर पर एक कमिटी का गठन कर इन विशेष सुविधाओं का पुनरीक्षण किया जाएगा गोड़डा जिले में इज ऑफ ड्रंइग बिजनेस के तहत कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को ससमय कार्यों को पूरा करने को कहा गया है

वास्तव में भारत सरकारी और संस्थागत स्तर पर इस महामारी के खिलाफ कार्रवाई करने में सबसे आगे रहा है के रविकमार झारखंड के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं वे अभी परिवहन सचिव के पद पर हैं वहीं वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राहुल पुरवार दो साल के लिए अध्ययन अवकाश पर चले गए हैं यजीसी ने कोरोना की वजह से विश्वविद्यालयों में एम फिल और पीएचडी के शोध पत्र को जमा करने की समय सीमा छह माह बढ़ा दी है